और प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन भाजपा ने विरोध को गुमराह करने वाला बताया

एक प्रार्थना सभा में अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है

आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलंग नाला व सिस्सू में जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा एक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों व जवानों से मिलने का भी कार्यक्रम है इस दौरान केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टनल कृषि बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी

शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है

इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे

ऊना से आज प्रदेश के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलास्तर पर प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी कंवर ने कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने की जरूरत है जिसके लिए प्रदेश के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करना होगा उन्होंने कहा कि किसानों को विभाग की ओर से गुणवत्तापूर्ण कृषि उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं और घटिया उपकरणों को अनुमोदित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएंगी

शिमला में आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नगर निगम की मासिक बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों की संख्यां में कमी आई हैं मगर शहरों में इनकी रोकथाम नहीं हो पाई हैं

इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला महिला मंडल भवन व पंचायत भवन का उद्घाटन और मंनोरंजन पार्क का शिलान्यास शामिल है इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दे रही है और गांव के विकास से ही प्रदेश व देश का विकास संभव है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में एक भेंट के दौरान उन्होंने बागवानी सुद्रढ़ीकरण की अन्य तकनीकें उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया बरागटा ने चर्चित गुड़िया कांड मामले में भी मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्हें इस संबंध में लोगों की भावनाओं से भी अवगत करवाया

मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के अवसर पर जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस धनराशि से शिमला जिले में पब्बर नदी सिरमौर में यमुना नदी कांगड़ा में नकेड़ खड्ड और हमीरपुर जिले में सुकेत नदी का तटीकरण किया जाएगा

उन्होंने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत कलस्टर बनाने का आग्रह किया ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सके

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है

इससे पूर्व रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन भी रखा गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस कानून से किसान पर्याप्त भंडारण क्षमता न होने के कारण अपनी फसल बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा उन्होंने कहा कि देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है वहीं केन्द्र सरकार के गलत निर्णयों से आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया गया था मगर अब इसका विरोध करना जायज नहीं है उन्होंने कहा भाजपा किसान मोर्चा व पार्टी के अन्य नेता स्वतंत्र किसान सशक्त किसान अभियान के तहत किसानों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बिल से किसानों को लाभ होगा और बिचौलियों से निजात मिलेगी

जिला कृषि अधिकारी विरेन्द्र ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले इस आलू बीज की देशभर में बहुत मांग रहती है इस बार किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं

और प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन भाजपा ने विरोध को गुमराह करने वाला बताया